एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को ऐतिहासिक निवेश प्राप्त हो रहा है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यापार नियमों में सरलीकरण व मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पांवटा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे इसके अलाव वे सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों के साथ वर्चअल बैठक के माध्यम से प्रदेश में कोविड महामारी की स्थिति की फीडबैक लेंगे झण्डा दिवस आज सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जा रहा है

इस साल पूरे दिसंबर माह को गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है यह देश को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान करने का अवसर प्रदान करता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सशस्त्र सेना झण्डा दिवस दपर सेना के जवानों के बलिदान को याद करते हुए सेवारत व भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रदेशवासियों से उदारतापूर्वक अंशदान देने की अपील की है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है और उंचाई वाले क्षेत्रों कल हुई बर्फबारी के बाद ठंड में वृद्धि हुई है निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सुबह शाम धुंध का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग ने आज व कल राज्य के उंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हिमपात जबकि मध्यम पर्वतीय और निचले इलाकों में वर्षा की संभावना जताई हैं अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी हैं पंजाब केसरी की सुर्खी है जबरन धर्मांतरण पर बिल पास करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य दैनिक जागरण का शीर्षक है राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून दिव्य हिमाचल के शब्द हैं राष्ट्रपति के पास भेजेंगे धार्मिक स्वतंत्रता बिल जबकि दैनिक भास्कर लिखता है धार्मिक स्वतंत्रता कानून में कुछ खामियां इन्हें दूर कर प्रदेश में लागू करेंगे आपका फैसला का कहना है राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून अमर उजाला ने खबर दी है चीन नहीं स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट से होगी टीबी की पहचान आईआईटी मंडी के शोधार्थियों को मिली सफलता हिमाचल दस्तक लिखता है शिक्षा विभाग के बजाय सीयू के नाम होगी देहरा की जमीन राज्य सरकार ने यूजर एजेंसी में बदलाव के लिए अपलाई किया इसी समाचार पत्र के मुताबिक एनजीटी के खिलाफ अब हाईकोर्ट जाएगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेंगे पहले दायर की गई अपील

युवक के मुंह पर पहले स्प्रे किया फिर पेट में मारी गोली शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कांगड़ा के लंबागांव में रात को निकला था घूमने हत्या के इरादे से आए थे शातिर